चुनाव आयोग ने प्रदेश में पांच विधानसभा सीटों और समस्तीपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है सिमरी बख्तियारपुर बेलहर किशनगंज नाथनगर दरौंदा विधानसभा और समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए इक्कीस अक्टूबर को मतदान होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि इन विधानसभा क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है उप चूनाव के लिए अधिसूचना तेईस सितम्बर को जारी की जायेगी नामांकन भरने की अंतिम तिथि तीस सितम्बर होगी नामांकन पत्रों की जांच एक अक्टूबर को होगी और तीन अक्टूबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे मतों की गिनती का कार्य चौबीस अक्टूबर को होगा और उसी दिन नतीजों की घोषणा की जायेगी गौरतलब है कि इसी वर्ष पांच विधायकों के संसदीय चूनाव में विजयी होने के कारण ये सीटें रिक्त थी वहीं लोजपा सांसद रामचंद्र पासवान के असामयिक निधन के कारण समस्तीपूर लोकसभा सीट खाली हुई है सीवान से लोकसभा के लिए चुने जाने पर कविता सिंह ने दरौंदा विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था वहीं बांका लोकसभा सीट से चुने जाने के बाद गिरधारी यादव ने बेलहर और भागलपुर लोकसभा सीट पर निर्वाचित होने के बाद अजय कुमार मंडल ने नाथनगर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचन के बाद दिनेश चंद्र यादव ने सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट छोड़ दी थी किशनगंज लोकसभा सीट से निर्वाचन के बाद मोहम्मद जावेद ने किशनगंज विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री अरोड़ा ने पर्यावरण पर प्लास्टिक के द्ष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों से कहा कि वे प्रचार अभियान के दौरान प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से परहेज करें प्रदेश में गंगा सोन पुनपुन कोसी गंडक बागमती और कमला बलान समेत अधिकांश नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी के कारण निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है पटना बक्सर भागलपुर मुंगेर और सीतामढ़ी जिले में इन नदियों के किनारे कई गांव बाढ़ से प्रभावित है पटना शहर के गांधी घाट पर सुरक्षा बांध की दरार से पानी सड़क तक प्रवेश कर गया है कई स्थानों पर पानी का दबाव बना हुआ है दानापूर के छह पंचायतों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है वहीं फतुहा थाना परिसर में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी बक्सर गांधी घाट हाथीदह मुंगेर कहलगांव और भागलपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गांधी घाट और हाथीदह में गंगा नदी का जलस्तर आज खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर दर्ज किया गया इधर बक्सर के चौसा मोहनिया स्टेट हाई वे पर चार फुट तक पानी चढ़ गया है जिस कारण आवागमन पूरी तरह ठप्प है दूसरी तरफ भागलपूर कहलगांव राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या अस्सी पर कटाव होने के कारण भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गयी है मुंगेर जिले के बरियारपुर जमालपुर धरहरा और मंगेर सदर प्रखंड के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है सोन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण भोजपुर जिले के बड़हरा और शाहपुर प्रखंड के कई गांव जलमग्न हो गये हैं बक्सर जिले के चौसा बक्सर सिमरी चक्की और ब्रह्मपुर प्रखंड की पांच लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है दूसरी तरफ गंडक नदी गोपालगंज के ड्मरिया घाट में लगातार खतरे के निशान के ऊपर बनी हुयी है बागमती नदी का जलस्तर रून्नीसैदपुर और ढेंग ब्रिज में लाल निशान से ऊपर बना हुआ है सीतामढ़ी जिले के रून्नी सैदपुर के कटौंझा में बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है बाजपट्टी प्रखंड के भीखा गांव में मरहा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण डायवर्जन बह गया है वहीं बाढ़ के कारण धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है इधर उत्तर बिहार में भी स्थिति गंभीर बनी हुयी है कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा कटिहार के कुर्सेला और सुपौल के बसुआ में लाल निशान के आसपास बना हुआ है वहीं कमला बलान नदी मधुबनी जिले के जयनगर और झंझारपुर में उफान पर है

केन्द्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देशभर के सभी डाकघरों के खातों को आधार से जोड़ा जायेगा श्री प्रसाद आज पटना में राज्य के पहले और देश के दसवें आधार सेवा केन्द्र का उद्घाटन के अवसर पर समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि देश के तिरपन शहरों में शीघ्र ही एक सौ चौदह आधार सेवा केन्द्र खोले जायेंगे श्री प्रसाद ने कहा कि इन केन्द्रों पर लोगों का आधार कार्ड बनाने के साथ साथ इससे जुड़ी विभिन्न समस्याओं का समाधान भी किया जायेगा केन्द्रीय मंत्री ने राजधानी पटना स्थित बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय परिसर में बिहार का पहला और देश के द्रसरे महिला डाकघर का भी उद्घाटन किया इस डाकघर में सभी कर्मी महिलाएं हैं श्री प्रसाद ने कहा कि देश के सभी डाक मंडल में महिला डाकघर खोला जायेगा उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार का यह एक बड़ा कदम है मंगोलिया के राष्ट्रपति खल्टमेजीन वाटुल्गा अपने सड़सठ सदस्यीय शिष्टमंडल के साथ दो दिवसीय दौरे पर आज बोधगया पहुंचे दोपहर बाद उन्होंने बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की और पवित्र बोधि व्रक्ष को नमन किया श्री वाटुल्गा कल राजगीर भ्रमण के लिए जायेंगे इससे पहले गया अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और अन्य अधिकारियों ने मंगोलिया के राष्ट्रपति और शिष्टमंडल का स्वागत किया उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान का वर्ष दो हजार अठारह का प्रतिष्ठित भारत भारती प्रस्कार हिन्दी और मैथिली की प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर उषा किरण खां को दिया जायेगा पुरस्कार के तहत पांच लाख रूपये नकद और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है

महात्मा गांधी साहित्य सम्मान के लिये भागलपुर के प्रोफेसर श्रीभगवान सिंह को और लोक भूषण सम्मान के लिये पटना की डॉक्टर शांति जैन चुनी गयी हैं बक्सर जिले के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार ने छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपित पूर्व जिला कल्याण पदाधिकारी राकेश कुमार त्रिपाठी और संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक रवि प्रकाश सिंह को छह साल कारावास की सजा सुनाई है मुजफ्फरपुर जिले में सकरा थाना क्षेत्र के मारकन चौक के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या अठाईस पर अपराधियों ने एक हवलदार की गोली मारकर हत्या कर दी और पुलिसकर्मी का कार्बाइन लेकर फरार हो गये रोहतास जिला के सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत धनकी जामुन के पास एक निजी कंपनी के कर्मी से अपराधियों ने सात लाख से अधिक रुपए लूट लिए कंपनी के प्रबंधक ने बताया कि दो कर्मी रुपए लेकर बैंक में जमा कराने जा रहे थे इसी दौरान लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया